चार हजार से अधिक शहरों में चालीस करोड़ लोग इस सर्वेक्षण के दायरे में होंगे

सर्वेक्षण के अंतर्गत लोगों की भागीदारी को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है पहली बार किसी भी संबद्ध अधिकारी को पूर्व सूचना दिए बिना निरीक्षण किया जायेगा और यह सर्वेक्षण लोगों द्वारा दी गई जानकारी पर आधारित होगा स्वच्छ सर्वेक्षण एक स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा किया जा रहा है और इसका उद्देश्य बड़े पैमाने पर नागरिकों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन देना है इसके अंतर्गत कचरा रहित और खुले में शौच मुक्त शहरों में की जाने वाली पहल को सुनिश्चित किया जायेगा यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि विश्वसनीय परिणाम सामने आये मुख्यमंत्री अपील मुख्यमंत्री कमलनाथ ने ट्वीट कर प्रदेश की जनता से अपील करते हुए कहा कि आज से शुरू हो रहे स्वच्छ सर्वेक्षण में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी कर प्रदेश को स्वच्छता में नंबर एक बनाने के लिए सभी का सहयोग जरूरी है श्री कमलनाथ ने अपने ट्वीटर हैंडल में लिखा है कि पिछली बार भी आपकी जागरूकता सहभागिता और जज़्बे से हम सफल हुए थे अभी भी इस सफलता को हमे कायम रखना है

यह मामला शुन्यकाल के दौरान उठाया गया इससे पहले सभापति एमवेंकैया नायड् ने कहा कि कुछ महिला सांसदों ने इस बारे में उनसे मुलाकात की है और इस पर चर्चा कराने की अनुमति मांगी है समाजवादी पार्टी की जया बच्चन ने कहा कि उनकी पार्टी राज्यसभा में पारित महिला आरक्षण विधेयक के खिलाफ नहीं है उन्होंने सुझाव दिया कि दलित महिलाओं के लिए भी विधेयक में व्यवस्था की जानी चाहिए मीसाबंदी प्रदेश में कांग्रेस सरकार की ओर से मीसाबंदियों की पेंशन प्रक्रिया भौतिक सत्यापन के आधार पर दोबारा निर्धारित करने और अगले महीने से इसे रोके जाने के बाद लोकतंत्र सेनानी संघ ने आज भोपाल में कहा कि संघ सरकार के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में जाएगा लोकतंत्र सेनानी संघ के प्रदेश पदाधिकारियों की बैठक के बाद प्रदेश भाजपा कार्यालय परिसर में आयोजित पत्रकार वार्ता में संघ के प्रमुख तपन भौमिक ने यह जानकारी दी किसान चक्काजाम शिवप्री जिले में किसानों ने कृषि उपज मंडियों में बारदाना की कमी और फसलों की तुलाई नहीं होने का आरोप लगाते हुए शिवपुरी पिछोर मार्ग पर करीब एक घंटे तक जाम लगाकर रखा किसानों ने ट्रैक्टर ट्रॉली और बैलगाड़ी लगाकर मार्ग को करीब एक घंटे तक जाम रखा बाद में तहसीलदार एवं पुलिस के प्रयासों से किसानों द्वारा जाम हटाया गया किसान रामचरण लोधी ने आरोप लगाया कि फसल तुलाई ना हो पाने का कारण बारदाना की कमी बताया गया है उन्होंने आरोप लगाया कि व्यापारी फसलों को खराब बताकर कम दाम लगा रहे हैं वहीं कृषि विभाग के अधिकारियों ने दावा किया कि किसानों की समस्याएं दूर करने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं फसल गिरदावरी शहडोल जिले में रबी फसल की गिरदावरी का काम जारी है किसानों के हितों का ध्यान रखते हए उनकी फसलों का सही और ऑनलाईन सत्यापन के लिये गिरदावरी एप बनाया गया है रबी और खरीफ फसल के लिये अलग अलग गिरदावरी होती है

जिले के सोहागपुर तहसील में गिरदावरी का काम धीमा चल रहा है

कमलेश्वर पटेल पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा है कि हर ग्राम पंचायत का मास्टर प्लान बनाया जाए मास्टर प्लान के आधार पर ही ग्राम पंचायत का सुनियोजित विकास हो श्री पटेल आज विभागीय समीक्षा बैठक कर रहे थे उन्होंने कहा कि अच्छा कार्य करने वाले अधिकारियों कर्मचारियों को सम्मानित किया जायेगा और लापरवाही पर सख्त कार्यवाही भी की जायेगी पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में ग्रणवत्ता पूर्ण कार्य करवाये जायें क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत करवायें उन्होंने कहा कि शौचालय गुणवत्तापूर्ण और उपयोगी होना चाहिए

अनुभूति कैंप वन मंत्री उमंग सिंघार ने ईको पर्यटन बोर्ड को अनुभूति कार्यक्रम में शहरी बच्चों को भी प्रदेश के टाईगर रिजर्व राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य का निःशुल्क भ्रमण करवाने के निर्देश दिये हैं श्री सिंघार ने कहा पहले इंदौर और भोपाल का एक एक स्कूल चुनें इस अनुभव के आधार पर आगे की रणनीति तैयार करें श्री सिंघार ने यह बात ग्रामीण बच्चों के लिये इन दिनों जारी अनुभूति कार्यक्रम की समीक्षा के दौरान कही वही हमारे नीमच संवाददाता ने बताया है कि जिले की जीरन तहसील स्थित रामझर महादेव में वन विभाग द्वारा कल अनुभूति शिविर आयोजित किया गया

आयोग की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन ने जिला स्तर पर सुनवाई कराने का फैसला किया है

सुनवाई के दौरान अध्यक्ष न्यायमूर्ति श्री जैन के अलावा सदस्य मनोहर ममतानी और सरबजीत सिंह भी मौजूद रहेंगे जिला मुख्यालय पर होने वाली इस सुनवाई में जिले का कोई भी मानवाधिकार हनन से पीड़ित व्यक्ति नया आवेदन भी दे सकेगा श्रम मंत्री प्रदेश के श्रम मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया ने आज मंत्रालय में अपना पदभार ग्रहण करते हुए कहा कि गुड गवर्नेस और वचन पत्र में श्रमिकों के कल्याण के लिए दिए गए वचनों पर कार्य करना उनकी पहली प्राथमिकता है इस अवसर पर श्रम विभाग के प्रमुख सचिव संजय दुबे पूर्व सांसद संदीप दीक्षित और एएस सिंह देव सहित अन्य गणमान्य नागरिक और विभागीय अधिकारी उपस्थित थे परीक्षा तैयारी भिंड में दसवीं और बारहवीं बोर्ड परीक्षाओं की तैयारी को लेकर हुई बैठक में कलेक्टर ने हाईस्कूल हायर सेकेंडरी प्राचार्य व्याख्याता बीईओ और बीआरसीसी से कहा कि जिले में पिछले तीन साल में जिस तरह से नकल पर अंकुश लगा है वैसी स्थिति इस बार भी होनी चाहिए इसमें लापरवाही किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी कलेक्टर ने कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल पुरस्कार प्राप्त शिक्षक जहां पदस्थ हैं वहां उनका उत्कृष्ट कार्य दिखना चाहिए मौसम प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में अभी भी ठंड का असर हवाओं के चलते बना हुआ है वहीं शेष जगहों के मौसम में कोई खास परिवर्तन नहीं रहा मौसम केन्द्र भोपाल के अनुसार आने वाले एक दो दिनों में मौसम के मिजाज ऐसे ही बने रहेंगे